इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईपीपीवी बैंक देस के अर्थतंत्र और सामाजिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है सरकार ने जनधन के जरिये गरीबों को पहली बार बैंकों तक पहुंचाया था और अब इस नई पहल से हम बैंक को गरीबों तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री ने आईपीपीबी के घोष वाक्य आपका बैंक आपके द्वार को सरकार का सपना बताया उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बैंक नही है गांव गरीव मध्यम वर्ग का विश्वस्त सहयोगी भी साबित होने वाला है लखनऊ में इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक का श्मारम्भ केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मुख्य डाक घर में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये उन्होंने इस बैंक को आर्थिक क्रांति बताया वारणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्वेश्वरगंज प्रवान डाक घर में इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उदघाटन किया उदघाटन समारोह को सम्बोधित करते हये उन्होंने इस दिन को व्यापक परिवर्तन का दिन बताया उन्होंने कहा कि आईपीपीवी के खुलने से करोड़ो लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आयेगा लोगों को घर वैठे रूपये जमा करने और हासिल करने की सुविधा मिल जायेगी साथ ही बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हो जायेगी गोरखपुर के प्रधान डाक घर में आईपीपीवी का शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नये डिजिटल युग का श्मारम्भ किया है प्रदेश के अन्य जिलों में भी इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक का श्भारम्भ कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें केन्द्र और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने आज अमेठी के पिंडारा ठाकूर गांव में कॉमन सर्विस सेन्टर का शुभारम्भ किया उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की आलोचना करते हए कहा कि अमेठी से निर्वाचित कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री होते रहे हैं इसके बावजूद इस क्षेत्र को लोकतंत्र और सत्ता का पूरा लाभ नहीं मिला है उन्होंने कहा कि पन्द्रह सितम्बर तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में वाईफाई चौपाल की व्यवस्था हो जायेगी जहां कॉमन सर्विस सेन्टर की सुविधा उपलब्ध होगी श्रीमती ईरानी ने यह भी कहा कि इस वर्ष के अन्त तक देश की सभी ग्राम पंचायतों में वाईफाई चौपाल की व्यवस्था की जायेगी बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी के सभी विकासखंडों में महिला स्वामिमान के लिए योजना चल रही है इस दृष्टि से अमेठी देश का पहला जिला है जहां महिला स्वाभिमान के लिए योजना चल रही है

उन्होंने कहा है कि यूद्व स्तर पर गांवों के विद्यतीकरण और विद्यत संयोजन उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए मुख्यमंत्री कल देर शाम सौभाग्य योजना की प्रगति के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाविकारियों और पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने विद्युत संयोजन देने के मामले में खराब प्रगति वाले पन्द्रह जिलों के जिलाधिकारियों से अभियान चलाकर लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया खराब प्रगति वाले जिलों में लखीमपुर खीरी इलाहाबाद गोण्डा हरदोई बहराइच जौनपुर सीतापुर महराजगंज फतेहपुर फैजाबाद बाराबंकी शाहजहांपुर प्रतापगढ़ उन्नाव और आजमगढ़ शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कराये जा रहे स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिये कटिबद्द है और दो अक्टबर तक प्रे प्रदेश को खले में शौर से मुक्त किया जायेगा मुख्यमंत्री ने यह बातें लखनऊ के शास्त्री भवन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और नगरीय के तहत शौचालय निर्माण तथा ओडीएफ कार्य की प्रगति की जिलेवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिलाधिकारियों से सीधे संवाद के दौरान कही उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूवि लेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने में कोई दिक्कत नही आयेगी श्री योगी ने जिलाधिकारियों को ओडीएफ के लिये अतिरिक्त प्रयास करने के निर्देश दिये

नेपाल में भारत के राजदूत मंजीव सिंह पुरी और नेपाल के योजना और कार्य निर्माण मंत्री मधुसूदन अधिकारी ने कल शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए भारत और नेपाल इस वर्ष अप्रैल में भारत के सीमावर्ती शहर रक्सोल और नेपाल के काठमांड् के बीच बिजली से संचालित नई रेल लाइन बिछाने पर सहमत हुए थे इस परियोजना के लिए भारत आर्थिक मदद देगा